केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगो से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की अपील की राज्य सरकार ने प्रदेश के दुर्गम इलाकों में जहां बैंक उपलब्ध नहीं है वहां रहने वाले पेंशनधारकों को पेंशन की राशि नकद रूप में देने का लिया फैसला प्रदेश की लोक गायिका रजनी रजक को मिलेगा नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति आठ मार्च को करेंगे सम्मानित श्रमयोगी मानधन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया गौरतलब है कि पिछले महीने पेश किए गए अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और मजदूरों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से असंगठित क्षेत्र के करीब दस करोड़ कर्मचारी और मजदूर लाभान्वित होंगे आपका इस योजना से आप ही आप के सहायक बन गए हैं और मोदी सरकार सहायक के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ी है जो लोग इस योजना का लाभ उठाएंगे उनमें साठ वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रूपए की नियमित मासिक पेंशन तय है मतलब साल भर में करीब करीब चालीस हजार आजादी के बाद के इतिहास की यह पहली योजना है जिसने समाज के उस वर्ग को छुआ है जिसके बारे में कभी सोचा ही नहीं गया इस मौके पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभार्थियों को पेंशन कार्ड भी वितरित किए राज्यवर्धन राठौड़ अपील केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने लोगो से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की अपील की है आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री राठौड़ ने कहा कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश का सैनिक है और उन्हें सोशल मीडिया का बड़ी सतर्कता से इस्तेमाल करना होगा क्योंकि यह सबसे तेज खबरें देने वाला मीडिया है एनजीटी निर्देश राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने निर्वाचन आयोग केन्द्र सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वे चुनाव अभियान के दौरान प्लास्टिक से बनी प्रचार सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बारे में विचार के लिए बैठक बुलाएं अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खण्डपीठ ने निर्वाचन आयोग पर्यावरण मंत्रालय और केन्द्रीय प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह के भीतर ये बैठक बुलाने को कहा है चुनाव प्रचार के दौरान प्लास्टिक और इसी प्रकार की दूसरी वस्तुओं से बने बैनरों और होर्डिंग्स के प्रयोग को रोकने को लिए दायर याचिका में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश देने की बात कही गई है उच्च शिक्षा विभाग तबादला उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों में कुलसचिव प्राचार्य और प्राध्यापकों के तबादले के आदेश जारी किए हैं आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सीएल देवांगन को दूर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के क्लंसचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है वहीं दर्ग विश्वविद्यालय के क्लसचिव डॉक्टर राजेश पांडेय को शासकीय नवीन महाविद्यालय जामुल का प्राचार्य बनाया गया है इसी तरह स्नातकोत्तर कला और वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक सुधीर शर्मा अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के क्लसचिव होंगे वहीं अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर की क्लसचिव डॉक्टर इंद् आनंद पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर की कुलसचिव होंगी राज्य सरकार ने पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर के कुलसचिव डॉक्टर राजकुमार सचदेव की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें उच्च शिक्षा विभाग में वापस भेज दिया है टीएस सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राज्य सरकार ने प्रदेश के दुर्गम इलाकों में जहां बैंक उपलब्ध नहीं है वहां रहने वाले पेंशनधारकों को पेंशन की राशि नकद रूप में देने का फैसला लिया है पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से चर्चा के दौरान इस फैसले की जानकारी दी उन्होंने बताया कि माओवाद प्रभावित बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में अब पेंशन की राशि नकद दी जाएगी एनटीपीसी बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में लगने वाले औद्योगिक संस्थान राज्य सरकार की उद्योग और पुनर्वास नीति का कड़ाई से पालन करें ताकि अधिग्रहण के समय जमीन के मालिकों को उचित मुआवजा मिल सके मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास पर राष्ट्रीय ताप विद्यत निगम एनटीपीसी की रायगढ़ लारा ताप विद्युत परियोजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के सदस्यों को योग्यता के अनुसार नौकरी भी दी जानी चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि प्रभावित परिवार में सदस्यों के पास वांछित योग्यता में कमी हो तो संस्थान द्वारा उन्हें तकनीकी और कौशल प्रशिक्षण के साथ योग्य बनाकर नौकरी दी जाए

उन्होंने यह भी कहा कि पेण्ड्रा मरवाही को जल्द ही राजस्व जिला बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी अपने मरवाही प्रवास के दौरान श्री बघेल ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पांच पदाधिकारियों के कांग्रेस प्रवेश का भी ऐलान किया इनमें पूर्व विधायक सियाराम कौशिक संतोष कौशिक ब्रजेश साह चैतराम साहू और चंद्रभान बारमते शामिल हैं

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवबलौदा का प्राचीन मंदिर पुरातात्विक धरोहर है इसे पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए सौंदर्यीकरण के अलावा नागरिक सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा नारी शक्ति सम्मान भिलाई इस्पात संयंत्र में विकास सहायक के पद कार्यरत लोक गायिका रजनी रजक को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा वे आगामी आठ मार्च को राष्ट्रपति के हाथों यह सम्मान ग्रहण करेंगी सम्मान के रूप में एक लाख रूपये की नकद राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा श्रीमती रजक अंचल की सुविख्यात लोक गायिका होने के साथ ही लोकमंच ढोला मारू की निर्देशिका हैं जगार मेला समापन राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में आयोजित दस दिवसीय जगार मेला कल संपन्न हो गया इस अवसर पर ग्रामोद्योग मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कलाकारों और शिल्पियों की मांग के अनुरूप जगार मेले को अगले साल से पंद्रह दिवसीय करने की घोषणा की तेईस फरवरी से आयोजित इस मेले में छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब एक सौ सत्तर शिल्पियों ने हिस्सा लिया और अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया

बच्चों को अंतरिक्ष की गतिविधियों के बारे में रुचि पैदा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के बारे में उन्हें बुनियादी बातों से अवगत करायेंगे गर्मी की छुटिटयों के दौरान कैच देम यंग छात्रावास प्रशिक्षण कार्यक्रम करीब दो सप्ताह का होगा इस संबंध में देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रदेश से तीन मैरिट विद्यार्थियों के नाम भेजें जनमन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ जनमन के नए अंक का विमोचन किया इस साप्ताहिक प्रकाशन में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण शासकीय योजनाओं औरं कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी संक्षिप्त समाचार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के बिल्हा रेलवे स्टेशन पर नवनिर्मित आरक्षित लाउंज का लोकार्पण आज बिलासपुर के सांसद लखनलाल साहू ने किया द्र्ग से अजमेर के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन अब तिल्दा स्टेशन पर भी रूका करेगी कल से इस ट्रेन का तिल्दा में प्रायोगिक ठहराव दिया जा रहा है प्रदेश के सभी जिला और तहसील मुख्यालयों में आगामी नौ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा इसमें राजीनामा से लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा दुर्ग के भिलाई में आज मोटरसाइकिल सवार युवकों ने निजी कंपनी के दो कर्मचारियों को कट्टा दिखाकर नौ लाख रूपये लूट लिए

जशप्र जिले के कुनकुरी में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक क्विंटल से ज्यादा मात्रा में गांजा जब्त किया है गांजे की अनुमानित कीमत लगभग उन्नीस लाख रूपये बताई जाती है